बिहार विधानसभा की दो सौ तैंतालीस सीटों के लिए हुए चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने एक सौ पच्चीस सीटें जीतकर स्पष्ट बहमत हासिल किया है महागठबंधन के खाते में एक सौ दस सीटें आई हैं कल देर रात अंतिम चुनाव परिणाम घोषित होने पर एनडीए में शामिल भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा चौहत्तर सीटें जीती हैं जबकि जनता दल यूनाईटेड को तैंतालीस हम को चार और वीआईपी को चार सीटें मिली हैं दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल को पचहतर कांग्रेस को उन्नीस भाकपा माले को बारह और भाकपा तथा माकपा को दो दो सीटें मिली इसके अलावा एआईएमआईएम को पांच बहजन समाज पार्टी को एक लोजपा को एक और अन्य को एक सीट पर जीत मिली है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए की जीत पर बिहार की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी है प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि इस जीत से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी और बिहार आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप बनेगा झारखंड विधानसभा की दो सीटों के लिए हुए उपचुनाव में महागठबंधन को जीत मिली है द्रमका से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बसंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार डॉ लुईस मरांडी को छह हजार आठ सौ बयालीस मतों से पराजित किया श्री सोरेन को कुल अस्सी हजार पांच सौ उनसठ मत मिले जबकि डॉ मरांडी को तिहतर हजार सात सौ सत्रह मत प्राप्त हुए इस सीट से चुनाव लड़ने वाले बाकी दस प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई वहीं बेरमो सीट पर कांग्रेस के कुमार जयमंगल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेश्वर महतो पर चौदह हजार दो सौ पच्चीस मतों से जीत दर्ज की श्री जयमंगल के पक्ष में चौरान्बे हजार बाइस मत पड़े तो श्री महतो को उन्नासी हजार सात सौ संतान्बे मत प्राप्त हुए इस सीट से अन्य चौदह प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा सके रांची में नई मतदाता सुची तैयार करने के लिए अठाईस और उनतीस नवंबर तथा पांच और छह दिसंबर को विशेष प्नरीक्षण अभियान चलाया जाएगा इस दौरान सभी मतदान केंद्रों में नए मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए जरुरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कर सकेंगे

वहीं सोलह नवंबर से पच्चीस दिसंबर तक मतदाता सुची में नाम जोडने हटाने गलतियों में सुधार करने और स्थानांतरण से संबन्धित दावा अथवा आपत्ति दर्ज कराए जा सकते हैं राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होनेवालों की संख्या लगातार बढ़ रही है पिछले चौबीस घंटे में चार सौ छप्पन लोगों ने कोरोना को मात दी वहीं दो सौ बावन नए पॉजिटिव मामले सामने आने के अलावा पांच संक्रमितों की मौत भी हो गई इस दौरान रांची से सबसे ज्यादा एक सौ तिरपन और पूर्वी सिंहभूम से पचासी लोग स्वस्थ हुए वहीं रांची से ही सबसे ज्यादा तैंतालीस और पूर्वी सिंहभूम से छत्तीस नए संक्रमित मिले हैं बोकारो देवघर पूर्वी सिंहभूम गिरिडीह और रांची में एक एक लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई इस तरह राज्य में अबतक एक लाख चार हजार नौ सौ चालीस कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं इनमें निन्यान्बे हजार नौ सौ अठासी लोग स्वस्थ हो चुके हैं और चार हजार बयासी लोगों का इलाज चल रहा है तथा नौ सौ दस संक्रमितों की जान जा चुकी है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर पंचान्बे दशमलव दो आठ प्रतिशत तक पहंच गई है जबकि मृत्यू दर घटकर शुन्य दशमलव आठ पांच प्रतिशत हो गई है राज्य के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो का कल चेन्नई स्थित एमजीएम कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में फेफडा प्रत्यारोपण सफलता पूर्वक किया गया छब्बीस सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनकी स्थिति गंभीर हो गई थी रांची के रिम्स और एक निजी अस्तपाल में उनका कई दिनों तक इलाज चला लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था ऐसे में राज्य सरकार की पहल पर चेन्नई से विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम रांची आई और शिक्षा मंत्री को बेहतर इलाज के लिए चेन्नई ले गई यहां उनका इलाज एमजीएम में चल रहा है

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बाास नकवी दिल्ली के पीतमपुरा में इसका उदघाटन करेंगे इस हाट की थीम वोकल फॉर लोकल है श्री नकवी ने कहा कि देश के हर हिस्से में स्वदेशी उत्पाद पारम्परिक रूप से बनते रहे हैं उन्होंने कहा कि यह परम्परा समाप्ति के कगार पर थी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वदेशी पर जोर दिए जाने के बाद इसे नया जीवन मिला है

झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज सबेरे ग्यारह बजे से शुरू होगा

सदन से पारित होने के बाद सरना धर्म कोड के प्रावधान को लागू करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल अपनी पार्टी के मंत्रियों और विधायकों के साथ विचार विमर्श किया विरोष सत्र में नवनिर्वाचित विधायक बसंत सोरेन और कुमार जयमंगल द्वारा शपथ ग्रहण किए जाने की भी संभावना है वहीं सदन में शोक सभा का कर दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी और अन्य को श्रद्वांजलि दी जाएगी पूरे राज्य में अवैध शराब और मादक पदार्थ के खिलाफ चलाये जा रहे छापेमारी अभियान के क्रम में कल तीस लोगों को गिरफ्तार किया गया जबकि लगभग एक हजार लीटर अवैध शराब साढ़े आठ हजार क्विंटल जावा महआ ब्राउन शुगर और गांजा बरामद करने के साथ ग्यारह शुराब भद्नियों को नष्ट कर दिया गया छापेमारी टीम ने रांची से बारह गढ़वा से छह हजारीबाग से चार गुमला धनबाद से दो दो जमशेदपुर चाईबासा और चतरा से एक एक लोग को गिरफ्तार किया जामताड़ा जिले में दीदी बाड़ी योजना से ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार पहल की जा रही है

दीपावली में सार्वजनिक स्थलों पर पटाखे जलाने की इजाजत नहीं होगी घरों के कैंपस में भी शर्तों के साथ पटाखे फोडे जा सकेंगे वहीं छठ महापर्व को लेकर अलग से गाइडलाइन जारी किए जाएंगे काली पुजा में बड़े पूजा पंडाल स्वागत गेट और कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा पंडालों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा सभी दिशा निर्देशों का पालन पूजा समितियों को पालन करना होगा मुंबई इंडियन्स ने आईपीएल का खिताब जीत लिया है कल दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को पांच विकेट से पराजित कर दिया आईपीएल के इतिहास में मुंबई पांचवी बार विजेता बना है इस मैच में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर एक सौ छप्पन रन बनाए कप्तान श्रेयस अय्यर ने पैंसठ और ऋषभ पंत ने छप्पन रन की पारी खेली तो ट्रेंट बोल्ट ने तीन विकेट चटकाए मुंबई ने लक्ष्य को पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया मुंबई के लिए रोहित शर्मा ने अड़सठ और ईशान किशान ने नाबाद तैंतीस रन बनाए इस मैच में ट्रेंट बोल्ट प्लेयर ऑफ दि मैच बने वहीं प्लेयर ऑफ दि सिरीज का खिताब जोफ्रा आर्चर को मिला और अब संक्षिप्त खबरें राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव चतरा के सांसद सुनील सिंह और हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं

राज्य में जोनल पुलिस महानिरीक्षक का पद फिर से बहाल होगा

राजधानी रांची के पुलिस गेस्ट हाउस में नाबालिग के साथ हए सामूहिक द्वष्कर्म मामले में आरोपी एएसआई राजक्मार शर्मा को पुलिस सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है फिलहाल आरोपी पुलिसकर्मी निलंबित है राज्य के सोलह खनन पदाधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया गया है इनमें नौ जिला खनन पदाधिकारी भी शामिल हैं खान एवं भूतत्व विभाग ने इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी कर दी है

दिवाली में सार्वजनिक जगहों पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाये जाने की खबर को प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है जबकि हिंदुस्तान ने आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड विधानसभा के आज बुलाये गर्ये विशेष सत्र की खबर को पहले पन्ने पर छापा है दैनिक भास्कर ने शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो का चेन्नई के एक अस्पताल में फेफड़ा प्रत्यारोपण किये जाने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है मुम्बई इंडियन्स पांचवीं बार बनी चैम्पियन शीर्षक से दैनिक जागरण ने आईपीएल की खबर को पहले पन्ने पर छापा है रांची एक्सप्रेस ने सेंसेक्स के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहंचने की खबर को पहले पत्रे पर जगह दी है